हरियाणा के मनीष कौशिक और मनीष नरवाल को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार भेंट किए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को बधाई दी

श्री कोविंद ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार तेनजिंद नोरगे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भेंट किए

उन्होंने कहा कि भारत में सभी खेल गतिविधियों पर इसका असर पड़ा है राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि खिलाड़ी और प्रशिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण और वैबीनार के माध्यम से आपस में जुड़े हए हैं उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय और अन्य संस्थान भी प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों से संपर्क बनाए हुए हैं राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि खेल जगत से जुड़े लोग और मानसिक शक्ति के साथ आगे आयेंगे और उपलब्धियों के साथ नया इतिहास बनायेंगे उन्होंने कहा कि खेल और खिलाडी हमारे देशवासियों में एकजुटता की भावना को और मजबूत करते हैं मेजर ध्यान चंद को श्रद्दांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वह खिलाडियों के साथ साथ अन्य सभी देशवासियों के लिए एक आदर्श हैं श्री कोविंद ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने साधारण परिवेश और सीमित सुविधाओं के बीच अपने समर्पण और प्रतिभा के साथ हॉकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति भी नई दिल्ली के विज्ञान भवन से इस समारोह में शामिल हुए

आकाशवाणी औश्र दूरदर्शन से इस समारोह का सीधा प्रसारण किया गया आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ को लगातार दूसरी बार मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्राफी भेंट की गई खेल क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं के लिए यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है यह ट्राफी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान की गई

बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय के जिमनेजियम हॉल में खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों को संबोधित करते हुए इस प्राप्त के लिए बधाई दी राष्ट्रिय खेल दिवस पर आज फरीदाबाद के दो खिलाड़ियों को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया

उधर अर्जुन अवॉर्ड मिलने पर मनीष कौशिक ने भारतीय सेना का आभार जताया है भिवानी के खेल प्रेमियों ने मिठाईया बांटकर उन्हें अर्जुन अवॉर्ड मिलने पर खुशी मनाई

मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे बैठक में खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री संदीप सिंह भी उपस्थित थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा पूरे देश में पहले स्थान पर हो उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है कोशिश की जा रही है कि ग्राम स्तर पर युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य प्रस्कार की नकद राशि में वृद्धि करने की घोषणा की है युवा मामले एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की

उधर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद उन्होंने सितंबर माह के अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं बिजली मंत्री ने पिछले दिनों उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को खुल को क्वारंटीन करने की अपील की है और जांच करवाने को कहा है

इन सभी को पंचकूला जिले के बरवाला कोविड देखभाल केन्द्र में भर्ती करवाया गया है

सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया ने बताया कि इनके इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है

चण्डीगढ में आज दो कोविड मरीजों की मृत्यू भी हई है

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दो मरीजों की मृत्यु अन्य बीमारियों के कारण हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यकम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार सांझा करेंगे